मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारो द्वारा सुबह कोविड अस्पताल में तथा शाम को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेन्टर में नियमित रूप से बैठक की जाये मुख्यमंत्री ने लखनऊ में वायरोलॉजी सेन्टर की आवश्यकता पर बल देते कहा कि इसे नेशनल इंस्ट्टीयूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे की तर्ज पर विकसित किया जाये

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिये ऑन लाइन कोचिंग की व्यवस्था बनाई जाये उन्होंने राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सभी कर्मियों को दीपावली पर्व से पहले वेतन भुगतान कराये जाने के निर्देश दिये हैं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद तीन हजार से अधिक गंभीर कोविड मरीजों को इस प्रणाली का उपयोग करके चिकित्सा सलाह दी गई है

इस प्रणाली के तहत चिकित्सा विशेषज्ञ गंभीर रूप से कोरोना से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए परामर्श देते हैं और साथ ही बेहतर कोविड प्रबंधन की भी सलाह कंप्यूटर टेलीफोन और व्हाट्सएप चट के माध्यम से दी जाती हैं प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना इस सिस्टम की लगातार समीक्षा कर रहे हैं

इसी क्रम में बलिया जिले में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक सम्पर्क ब्यूरो आजमगढ़ द्वारा सचल चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिये दो गज की दूरी मास्क पहनना और हाथों को साबुन पानी से बीस सेकेंड तक धुलना जरूरी है

वाराणसी में भी क्षेत्रीय लोक सम्पर्क ब्यूरो द्वारा दस दिवसीय जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत सचल प्रदर्शनी लोकगीतों और विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से लोगों को कोरोना से बचाव का संदेश दिया जा रहा है मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले साढ़े तीन वर्षो के दौरान ऊर्जा विभाग द्वारा लगभग पौने दो लाख गांवों और मजरों का विद्युतोकरण किया गया तथा प्रदेश के एक करोड़ चौबीस लाख गरीब परिवारों के घरों में बिजली पहुंचाई गई

इस मौके पर उन्होंने कहा कि विद्युत आपूर्ति व्यवस्था मे व्यापक सुधार हुआ है ट्रांसफामर की क्षमता बढ़ाने से लेकर नये सब स्टेशन की स्थापना और निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने का काय किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप गोरखपुर में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हो रही है आज जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकर्पण किया गया उससे गोरखपुर की विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ होगी

ट्रांसफामरों की क्षमता वृद्धि हो जाने से विभिन्न क्षेत्रों में लो वोल्टेज की समस्या का समाधान भी होगा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

प्रदेश सरकार ने राज्य के कई हिस्सों में पराली जलाने के बारे में जागरूकता अभियान चलाया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के किसानों से अपील की है कि वे पराली न जलाये और इसके बजाय उसकी खाद बनाये एक रिपोर्ट प्रदेश के कई शहरों में लगातार बढ़ते स्मोक और खराब होती वायु गुणवत्ता के मद्देनजर सरकार ने किसानों के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है और उनसे अपील की जा रही है कि वह खेतों में पड़ी अपनी फसलों के अवशेष यानी पराली को न जलाएं अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एनसीसी एनएसएस के कैडेटों और भारत स्काउट एंड गाइड के स्वयंसेवकों की मदद जागरूकता अभियान में ली जाए और किसानों को जागरूक करते हुए उन्हें फसलों के अवशेष को जलाने के नुकसान के बारे में जानकारी दी जाए प्रशासन पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी कर रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंधित पराली को जलाने वाले किसानों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के दौरान उनसे बिल्कुल भी दुर्व्यवहार न किया जाए इस बीच विपक्षी बहुजन समाज पार्टी ने आज किसानों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की निंदा की

नगरीय विकास पर संसदीय समिति के अध्यक्ष एवं सांसद जगदम्बिका पाल ने किसानों से रबी की फसल के उपरान्त खेतों में पराली न जलाने की अपील की है उन्होंने कहा कि पराली जलाने से वायु प्रद्षण बढ़ जाता है जिसके चलते आम जन जीवन काफी प्रभावित होता है

उन्होंने कहा कि किसान पराली को जैविक खाद में बदलकर कृषि में उपयोग कर इससे एक ओर जहां वायु प्रदूषण का खतरा टेलेगा वहीं दूसरी ओर किसानों को मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में मदद मिलेगी

राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल को आज राजभवन में उत्तर प्रदेश भारत स्काउट एवं गाइड के स्थापना दिवस के अवसर पर संस्था के पदाधिकारियों ने झंडा लगाया राज्यपाल ने स्काउट एवं गाइड द्वारा किये जा रहे कार्यो की प्रशंसा करते हुए कहा कि स्काउट एवं गाइड बनकर बच्चों में अन्शासन की भावना का विकास होता है तथा वे सामाजिक कार्यक्रमों में सहयोगी की भूमिका निभाकर अपना सक्रिय योगदान देते हैं